आप भी हमारे साथ स्रक्षा और बचाव के तीन आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मूंह साफ रखें कुंभ मेला फंड मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने ई ऑफिस परियोजना के सुगम एक्सेस के लिए प्रमुख राजकीय कार्यालयों में वाई फाई सेट अप स्थापित करने के लिए एक करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की है

मंत्री दौरा कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि कृषि का एकीकृत विकास कर किसानों की आय को बढ़ाया जाएगा इसके लिए क्लस्टर स्तर पर कार्य किया जा रहा चम्पावत पहंचे कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने सभी जिलास्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर विभिन्न विभागीय कार्यो की समीक्षा की उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्यों के साथ साथ कृषि कार्यो की सराहना की उन्होंने अधिकारियों को कलस्टरों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए उन्होंने चम्पावत ज़िले में कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को और आगे तक ले जाने पर जोर दिया कृषि मंत्री ने जिले में सोयाबीन काला भट्ट दलहन गहत और मंडवे की पैदावार को और अधिक बढ़ाने पर भी चर्चा की

गंगा स्नान के लिये आने वाले यात्रियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर जिलाधिकारी ने कहा कि यह एक बड़ी च्नौती है उन्होंने कहा कि पिछले सोमवती अमावस्या पर सामान्य दिनों की अपेक्षा पांच ग्ना अधिक प्लिस बल को तैनात किया गया था उन्होंने कहा कि संसाधनों के अन्सार व्यवस्था की जा रही है

कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में पूछे गए सवाल पर जिलाधिकारी ने बताया कि वैक्सीन का डाटाबेस तैयार कर लिया गया है ब्लॉक स्तर तक टास्क फोर्स तैयार किया गया है कोल्ड चेन का चिह्नीकरण भी किया गया है

उन्होंने कहा कि वैक्सीन जितनी मात्रा में प्राप्त होगी उसी अन्सार वरीयता तय की जायेगी

ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की जायेगी

डीजीपी प्लिस महानिदेशक अशोक क्मार ने कहा है कि हरिदवार में बालिका के साथ द्ष्कर्म और हत्या के आरोपियों को सख्त सजा दिलवाई जाएगी मीडिया के साथ बातचीत में प्लिस महानिदेशक ने कहा कि यह जघन्य अपराध है और इसमें फांसी की सजा का प्रावधान है प्लिस की विवेचना जारी है उन्होंने कहा कि फरार आरोपी को भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा उन्होंने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि उनको न्याय दिलाने में प्लिस उनके साथ है उन्होंने पीड़ित परिवार से पुलिस का सहयोग करने का आग्रह किया है

मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई स्थानों पर अगले दो तीन दिन मध्यम से हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी हो सकती है

मौसम विभाग के मुताबिक बर्फबारी के कारण कई जगह सड़क अवरुद्ध हो सकती है विभाग ने राज्य सरकार को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के स्गम आगमन के लिए बर्फ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक व्यवस्था करने की सलाह दी है

मौसम विभाग ने आमजन से ठंड से बचने की सलाह दी है नव वर्ष नैनीताल नैनीताल जिले में शीतकालीन पर्यटन सीजन और नववर्ष के लिए आने वाले पर्यटकों की मुख्य सड़क मार्गो और पार्किंग स्थलों में थर्मल स्कैनिंग और कोविड जांच की जायेगी जिलाधिकारी सविन बंसल ने यह जानकारी देते हए बताया कि सैलानियों के आवाजाही पर कोई रोक टोक नहीं है उन्होंने कहा कि शीतकालीन पर्यटन सीजन के लिए यातायात और पार्किंग व्यवस्थाएं प्री कर ली गई हैं

इस संबंध में हई जिलास्तरीय कमेटी की बैठक में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बायो मेडिकल वेस्ट का स्थानीय स्तर पर ट्रीटमेंट के लिए प्लांट स्थापित करने का आंगणन और प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है जिलाधिकारी ने कहा कि बायो मेडिकल कचरे का वैज्ञानिक तरीकों से निस्तारण करना समय की जरूरत है बायो मेडिकल वेस्ट को निर्धारित समय में ट्रीटमेंट के लिए रुड़की तक पहंचाने में स्वास्थ्य विभाग की समस्याओं को देखते हुए जिलाधिकारी ने इसका स्थायी समाधान करने पर जोर दिया

जित्यानंद स्वामी जयंती म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड के प्रथम म्ख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानन्द स्वामी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है म्ख्यमंत्री ने कहा कि स्वर्गीय नित्यानन्द स्वामी पारदर्शी व्यक्तित्व वाले इंसान थे वह स्वच्छ राजनीति के सच्चे पुरोधा थे मुख्यमंत्री ने कहा कि नित्यानंद स्वामी जी ने प्रदेश में अपराध और नशाखोरी पर काफी हद तक लगाम लगाई विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने भी स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी जी के जन्मदिवस के अवसर पर अपने श्रदधा सुमन अर्पित करते हए उनका भावपूर्ण स्मरण किया उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी के जीवन से प्रेरणा लेकर बिना किसी भेदभाव के अपने प्रदेश को निरंतर प्रगति के मार्ग ले जाने का कार्य करना चाहिए यही उनके प्रति सच्ची श्रदधांजलि होगी

काश्तकारों की शिकायत पर उन्होंने बन्दरों और जंगली जानवरों के न्कसान के लिए प्रभागीय वनाधिकारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिये